खज्राहों से मुंबई के लिए आज से शुरू होगी हवाई सेवा

कई मुद्दों पर चिंताओं का समाधान नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैंकॉक में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर बैठक में अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की बैठक में कई विश्व नेता मौजुद थे श्री मोदी ने कहा कि समझौते की मौजुदा रूपरेखा तय मार्गदर्शक सिद्धांतों की मुल भावना के अनुरूप नही है उन्होंने कहा कि इस समझौते में भारत से संबंधित मुद्दों और चिंताओं का भी संतोषजनक समाधान नहीं होता इसलिए इस पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अधिक क्षेत्रीय एकजुटता के साथ साथ अधिक मुक्त व्यापार और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन की थाईलैंड यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौट आये गौ अभ्यारण्य पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में एक एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा कल विदिशा में निर्माणाधीन गौ शालाओं के कार्यो की समीक्षा करते हुए श्री यादव ने कहा कि राज्य में दस लाख से अधिक निराश्रित गौ वंशो के संवर्धन पर ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसके तहत प्रथम चरण में प्रदेश में एक हजार गौ शालाओं का निर्माण कराया जा रहा है दुसरे चरण में कुल तीन हजार गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं श्री यादव ने इस अवसर पर विदिशा में तीन करोड़ रूपये की लागत वाली नवनिर्मित दो मंजिला गौशाला का लोकार्पण किया खास बात ये है कि यह गौशाला दान की राशि से बनाई गई है

कला महोत्सव राज्यपाल लालजी टंडन ने कल भोपाल में टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव का शभारम्भ किया इस दौरान श्री टंडन ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर बहआयामी प्रतिभा के धनी थे उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों की ज्ञान परम्परा के कारण भारत विश्व गुरू रहा है राज्यपाल ने कहा कि विश्व में अनेक विद्वान हुए हैं जो अपने अपने विषय में पारंगत रहे हैं परन्त टैगोर गद्य पद्य संगीत चित्रकला और नृत्य जैसी अनेक विधाओं में पारंगत थे

कुलपति कार्यकाल राज्यपाल और कुलाधिपति लालजी टंडन ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा के कार्यकाल में चार वर्ष की वृद्धि की है

इन कक्षाओं में विषय विशेषज्ञ पीपीटी एवं अन्य रोचक तरीकों से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे

हवाई सेवा खजुराहो से मुंबई के लिए हवाई सेवा आज से शुरू होगी

विमान सेवा शुरू होने से खजुराहों आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद् जताई जा रही है

मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज धूप से यहां दिन का तापमान में इजाफा हुआ है वहीं रात और सुबह के वक्त गुलाबी सर्दी महसूस की जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इंदौर उज्जैन भोपाल होशंगाबाद और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई

बैडमिंटन चाइना ओपन बैडमिंटन ट्र्नामेंट आज से फुझोउ में शुरू हो रहा है महिला सिंगल्स में पीवी सिंधू और सायना नेहवाल अपने अभियान की शुरुआत करेंगी सिंधू को छठी वरीयता दी गयी है वह पहले दौर में जर्मनी की युवोन्ने ली से खेलेंगी आठवीं वरीयता प्राप्त सायना का सामना चीन की काइ यान यान से होगा पुरुषों के सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने नाम वापस ले लिया है कुछ समाचार संक्षेप में खंडवा में आगामी दिनों में मनाये जाने वाले पर्वो को ध्यान में रखते हुए आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की जायेगी

आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं